मंडावा में कांग्रेस प्रत्याशी रीटा चौधरी निर्वाचित घोषित की गई हैं रीटा चौधरी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी की सुशीला सिगड़ा को करीब तीस हजार मतों से हराया वहीं नागौर की खींवसर सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार नारायण बेनीवाल ने जीत दर्ज की उपचुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांप्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि इन परिणामों से स्पष्ट है कि कांग्रेस की विचारधारा और उसकी नीतियों में जनता का विश्वास निरन्तर बढ रहा है उन्होंने कहा कि इसी प्रकार हरियाणा और महाराष्ट्र में भी कांप्रेस ने संगठित होकर चुनाव लड़ा है जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा राज्य में भाजपा बहूमत से वंचित हो गई है केन्द्रीय आयुष और जल शक्ति मंत्रालय गंगा नदी के किनारे पांच किलोमीटर के दायरे में हरित पट्टी क्किसित करेंगे जिसमें जड़ी बूटी और औषधीय पौयें की खेती की जाएगी इसके लिए दोनो मंत्रालयों के बीच एक समझौता हुआ है यह जानकारी केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने आज जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा धनवंतरी त्रयोदशी के उपलक्ष में आयोजित संगोष्ठी में दी

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री ने कहा कि भारत पारंपरिक चिकत्सा पद्धति के क्षेत्र में विश्व गुरू बने इसके लिए जरूरी है कि इन पद्धतियों का वैज्ञानिक सत्यापन करवाया जाए इस अवसर पर केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने कहा कि भौतिकवाद के कारण आज कई तरह के शारीरिक और मानसिक रोग बढ रहे हैं जिनकी रोकथाम आयुर्वेद से संभव है

दीपावाली के मौके पर घरों और बाजारों को सुरूचिपूर्ण ढंग से सजाया गया है बाजारो में कपड़ों वर्तनों और पटाखों की दुकानों पर खरीददारों की भीड़ विशेष रूप से देखने को मिल रही है धनतेरस के अवसर पर कॉनफैड द्वारा उपभोक्ताओं को एमएमटीसी के शुद्ध सोने और चांदी के सिक्के तथा बर्तन उपलब्ध कराने के लिए जयपुर में नक्जीवन सहकार उपभोक्ता केन्द्र पर विशेष व्यवस्था की गई है दीपोत्सव से पहले आज श्रीगंगानगर और जैसलमेर में विभिन्न संगठनों की ओर से आज दीपदान के कार्यक्रम आयोजित किए गए राज्यपाल कलराज मिश्र ने प्रदेशवासियों को कल मनायी जाने वाली धनवंतरि जयंती की शुभकामनाएं दी हैं धनवंतरि जयंती पर जयपुर में कल राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा चतुर्थ आयुर्वेद दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है लोकसभा अध्यक्ष ओम विड़ता समारोह के मुख्य अतिथि होंगे जबकि आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट की तीन सदस्यीय पीठ ने दूरसंचार विभाग द्वारा तय की गयी समायोजित सकल आय की परिभाषा को बरकरार रखा है शीर्ष अदालत ने कहा कि उसने दूरसंचार कंपनियों की सभी दलीलों को खारिज कर दिया है न्यायालय ने साफ किया कि कंपनियों को दूरसंचार विभाग को जुर्माना और व्याज की रकम का भुगतान करना होगा पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में आगे और कोई कानूनी वाद की अनुमति नही होगी इसके अलावा वह समायोजित सकल आय की गणना और कंपनियों को उसका भुगतान करने के लिए समय सीमा तय करेगी

जांच समिति की पिछले दो दिनों के दौरान जयपुर में हुई बैठक में ये मामले निपटाए गए

उन्होंने आशा व्यक्त की कि जांच समिति की इस कार्यवाही के बाद समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लग सकेगी

समझौते के तहत रोजाना कम से कम पांच हजार श्रद्धालुओं को करतारपुर स्थित गुरूद्वार के दर्शन की अनुमति दी जाएगी